कांग्रेस प्रचार कांग्रेस के स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज ऊना जिले के हरोली में चुनाव प्रचार में भाग लिया

दूसरी ओर मण्डी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा ने कुल्लू के काईस व हिरनी में चुनाव प्रचार किया

उन्होंने कहा कि गरीब का विकास उसे न्याय दिलाना और क्षेत्र का विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है अनुराग ठाकुर वहीं हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाक्र ने कहा है कि कांग्रेस की गुमराह करने वाली नीतिर्यो के चलते पार्टी ने अपने ही लोगों में विश्वास खो दिया है एक बयान में उन्होंने कहा कि देशभर में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं

इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी कार्यालयों में भी काम काज प्रभावित हो रहा है

मौसम में आए इस बदलाव से शीतलहर बढ़ गई है और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है वहीं निचले जिलों बिलासपुर हमीरपुर और ऊना में कल हुई वर्षा ओलावृष्टि व तेज हवाओं से गेहूं की फसल को नुक्सान होने का समाचार है